प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कार्यक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का शामिल होना दोनों देशों के बीच रिस्तों की मजबूती और भारतीय समुदाय के अमरीकी समाज और अर्थव्यवस्था में किये गये योगदान को दर्शाता है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति का इस कार्यक्रम में शामिल होना इस बात का प्रतीक है कि भारत और अमरीका के बीच प्रगाढ़ संबंध हैं पूरे अमरीका से पचास हजार से अधिक भारतीय अमरीकी लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया है हाउड़ी मोदी साझा सपने उज्जवल भविष्य नाम का यह कार्यक्रम ह्यूस्टन के विशाल एन आर जी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा एक बयान में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रीशम ने कहा कि मोदी ट्रम्प संयुक्त रैली अमरीका और भारत के लोगों के बीच मजबूत संबंधों को उजागर करने का अवसर प्रदान करेगी

उन्होंने कहा कि दूरदर्शन सनसनीखेज नहीं बल्कि सही समाचार देता है आज नई दिल्ली में दूरदर्शन के साठवें स्थापना दिवस पर उन्हॉने उम्मीद जताई कि बी बी सी और सी एन एन जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की तरह ही दूरदर्शन भी पूरी दुनिया में देखा जाने लगेगा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक महाशक्ति बन रहा है ये भी एक महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को अब सच्ची खबरें चाहिए विश्वसनीय खबर देखनी है तो त्रंत लोग दूरदर्शन न्यूज लगाते है अब एक डी डी इंडिया शुरू हो रहा है जो दुनियामर में भारत की खबरें जैसे बी बी सी सी एन एन एन के वैसे ही आने वाले दिनों में डी डी न्यूज़ भी दुनिया में सब जगह देखने वाला एक बहुत रिलायबल चैनल होगा क्योंकि भारत एक महाशक्ति बन रहा है और बनेगा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने विशेष डाक टिकट और विशेष पत्रिका भी जारी की दूरदर्शन के उत्कृष्ट कर्मियों को पुरस्कार भी प्रदान किये गये सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने इस अक्सर पर कहा कि दूरदर्शन ने समय के साथ अपने को बदला है और यह अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए नवीनतम तकनीक को अपना रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए को हटाकर ऐतिहासिक कार्य किया है अब बहुत जल्द ही देश के अन्दर से आतंकवाद खत्म हो जायेगा मुख्यमंत्री आज कानपुर में एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि जबसे केन्द्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तबसे सरकार की समी योजनाओं का लाम बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पचास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया आयोजन में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमलरानी वरूण सांसद सत्यदेव पचौरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह भी मौजूद रहे भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ स्थित राज्य मुख्यालय पर आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का उदघाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के सफर और उनके नेतृत्व में मिली ऐतिहासिक उपलक्षियों को दर्शाया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर चौदह से बीस सितम्बर तक चलने वाले सेवा सप्ताह के अन्तर्गत इस प्रदर्शनी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है प्रदर्शनी बीस सितम्बर तक के लिये लगायी गयी है इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जीवन के विभिन्न पक्षों को जिस संवेदनशील तरीके से आगे बढ़ाया पूरी दुनिया इसे कौतुहल भरी नजरों से देख रही है उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जीवन के विभिन्न पक्षों को लेकर जिस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है वह लोगों के लिये प्रेरणादायी और अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में सत्तर वर्षो की राजनीति के एजेंडे को बदलने का कार्य किया है जो राजनीति पहले व्यक्ति जाति और मजहब आधारित थी उसके केन्द्र में आज गांव गरीब किसान नौजवान और महिलायें है प्रदर्शनी के उदघाटन अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे उच्चतम न्यायालय ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इन आरोपों पर रिपोर्ट मांगी है कि लोगों को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने में कठिनाइयां हो रही हैं प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा कि अगर लोग उच्च न्यायालय नही पहंच पा रहे तो स्थिति बहत गंभीर है